मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें उत्तर प्रदेश में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग क चिकित्सकों की भांति प्राइवेट प्रैक्टिस बंदी भत्ता एनपीए दर को प्रनरीक्षित किए जाने का निर्णय लिया गया बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुये प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एनपीए मूल बेतन का बीस प्रतिशत इस शर्त पर दिया जायेगा कि मूल वेतन तथा एनपीए का योग दो लाख सैंतीस हजार पांच सौ दो रूपये प्रतिमाह से अधिक न हो

इससे अभियोगों की विवेचना में शीघ्रता आयेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा प्रदेश सरकार ने मथुरा वृन्दावन और प्रयागराज नगर निगम की सीमा विस्तार का फैसला किया है इसके साथ ही लखनऊ की बन्थरा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने समेत प्रदेश में उन्नीस नई नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय भी लिया गया है चौदह नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है

बैठक में राज्यपाल की सुरक्षा फ्लीट के लिये आधुनिक तकनीक से लैस चार नये वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान के सौन्दर्यीकरण के लिये प्रस्तावित कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने राजस्व प्राप्ति से जुड़े विभागों में सभी स्तरों पर सक्रियता लाने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ के लोक भवन में कर करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर प्रमुख सचिव आबकारी प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन प्रमुख सचिव ऊर्जा सभी अट्ठारह मंडलों के भ्रमण की व्यवस्था बनायें इसके तहत एक दिन में दो मंडलों का भ्रमण कर विभागीय समीक्षा की जाये और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाये

उन्होंने कहा कि जीएसटी में व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाने के लिये उन्हें पंजीकरण के फायदों की जानकारी दी जाये प्रदेश सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना से जुड़े जनपदों में भूमि अधिग्रहण एवं खरीद के लिये दो सौ करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है

गोरखपुर को निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है

इस परियोजना की लागत पांच हजार सात सौ चौरान्बे करोड़ रूपये से अधिक है इसके लिये पचास प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहोत की जा चुकी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि तीनों सेनाएं टीम के रूप में काम करेंगी देश के पहले सीडीएस का पदभार संभालने के बाद जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख को सौंपे गये कार्यभार के अनुसार समन्वय और बेहतर संसाधन प्रबंधन उनकी प्राथमिकता होगी

जनरल रावत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खरीद प्रक्रिया के एकीकरण को और युक्तिसंगत बनाने की है उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल राजनीति से अलग रहते हैं और वर्तमान सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख के रूप में वे तीनों सेनाओं के प्रयासों को एकीकृत करने तथा टीम के रूप में काम करने पर ध्यान देंगे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है विपक्षी दल सीएए एनआरसी और एनपीआर की गलत व्याख्या कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आये श्री रेड्डी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार लोगा के कल्याण के लिये कइ योजनाएं चला रही है प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने और हर व्यक्ति को एलपीजी सिलेन्डर उपलब्ध कराये जा रहे हैं इसके तहत ही लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी पहंचाया जा रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि नव वर्ष और नए दशक के आगमन पर हम सब शांतिपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में लोगों का आह्वान किया कि वे दयालू करुणामय तथा संवदेनशील मानव बनने का संकल्प लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में आशा व्यक्त की कि यह वर्ष आनंद और समृद्धि से भरपूर होगा उन्होंने सभी के स्वस्थ रहने और सबकी सभी इच्छाएं पूरी होने की कामना की

प्रदेश में भी नव वर्ष के आगमन पर लोगों में उत्साह और जोश है इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं

उन्होंने लोगों से महिलाओं का सम्मान करने गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करने के साथ ही प्रदेश और देश के विकास में सहयोग का संकल्प लेने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नववर्ष पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है अपने श्रभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिये गंभीरता से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव गरीब किसान मजदूर महिलाओं और नौजवानों की प्रगति और कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है श्री योगी ने कहा कि नववर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने घोषणा की है कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के चार अधिकारियों को चुना गया है आज बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर सिवन ने कहा कि ये चारों जनवरी के तीसरे सप्ताह से रूस में अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण लेंगे

इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा जायेगा डॉक्टर सिवन ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जायेगी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हये कहा कि कांगस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिये भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश हित में लिये गये फैसलों का विरोध कर रही है